रतलाम में आज एक सभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने जल संकट को हल करने के लिए नए विभाग की स्थापना का वादा भी दोहराया उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार देश के कई हिस्सों में पानी के संकट को हल करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के रूप में पानी के लिए एक अलग मंत्रालय बनाएगी प्रधानमंत्री ने सवाल किया है कि क्या कांग्रेस सरकार कृषि ऋणमाफी और बिजली के बिल माफ करने के अपने च्नावी वादे पूरे करने में सक्षम है श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और हवाई हमले दोनों पर सवाल उठाए उन्होंने कल हुए मतदान के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग न करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की भी आलोचना की

इस अवसर पर उन्होंने महाकाल के दर्शन किये वे अब से कुछ देर बाद रतलाम में एक सभा को संबोधित करेंगी जबकि शाम को इंदौर में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो भी करेंगी

इनमें ऑस्ट्रेलिया बांगलादेश भूटान फिजी जॉर्जिया केन्या दक्षिण कोरिया किर्गिजिस्तान मलेशिया मैक्सिको म्यांमा रोमानिया रूस श्रीलंका संयुक्त अरब अमारात और जिम्बाब्वे के प्रतिनिधि शामिल हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि आयोग देश में स्वतंत्र निष्पक्ष और सुद्रढ़ चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य हमेशा पिछले अनुभवों से सीखना रहा है ताकि भविष्य के लिए जरूरी सुधार किये जा सकें

विशेष कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार एकांश के लोकसभा चुनाव पर केन्द्रित विशेष कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार में कल रात आठ बजे से आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से सुनिए देवास उज्जैन इन्दौर और धार लोकसभा सीटों का हाल यहां के अहम मुददों पर लोगों की राय और सियासी समीकरणों का लेखा जोखा माइनस अभियान होशंगाबाद में समाज सेवियो ने बढ़ते तापमान के मददेनजर माइनस पांच डिग्री अभियान की शुरुआत की है पिछले दो वर्ष से चलाये जा रहे इस अभियान के तहत लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरुक किया जा रहा है हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के दौरान नगर में पौधरोपण किया जा रहा है ताकि तापमान नियंत्रित रहे और उसमें कम से कम पांच डिग्री सेल्सियस की कमी लाई जा सके नगर पालिका अध्यक्ष अखिलेश खंडेलवाल ने कहा कि होशंगाबाद विश्व के सबसे ज्यादा दस गर्म नगरों में शुमार है यह एक बड़ी चिन्ता का विषय है इसलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरुक कर बडे पैमाने पर पौधरोपण का काम किया जा रहा है